आज दो और मामले सामने आए हैं इनमें जयपुर और झुंझनू का एक एक व्यक्ति है इन दोनों ने ही विदेश यात्रा की थी

विभाग ने कहा कि इन दोनों गंभीर बीमारियों के कारण उसे कोमा की हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस वुद्ध मरीज के सैम्पल भी कोमा की हालत में ही लिए गए थे राज्य में प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है जनता की सुविधा के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि वे सभी आटा चक्कियों को नियमित रूप से खुलवाना सुनिश्चित करें सवाईमाषेपुर में आज उचित मूल्य की दुकानों से अन्त्योदय योजना सहित अन्य लाभार्थियों को राशन का वितरण शुरू किया गया हनुमानगढ में सरस की गंगमूल डेयरी की ओर से घर घर दूध की आपूर्ति श्रुरू की गई चूरू करौली और सिरोही में विभिन्न संगठनों और दानदाताओं की ओर से जरूरतमंदों को सामान और भोजन वितरित किया गया

राजसमंद में आम नागरिकों के घरों पर खाद्य सामग्री दूध तथा सब्जी घर घर तक पहुंचाने के लिए किराना दुकानो दूध डेयरियों और सब्जी विक्रेताओं के मोबाइल नम्बर जारी किए गए बूंदी में उप खण्ड मुख्यालयों में कोराना वाइरस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए संकट की इस घड़ी में विभिन्न सरकारी विभाग तथा संगठन भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं

आईपीएस एसोसिएशन राजस्थान ने भी पांच दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है

साथ ही उन्हें अपने हाथ को मुंह पर आंखों पर लगाने से बचना चाहिए

उन्होंने कहा कि लोगो को मास्क पहनना सीखना चाहिए और साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह के मास्क का प्रयोग करता है तो उसे पहले उस मास्क को निस्तारित करने की विधि भी सीख लेनी चाहिए अन्यथा मास्क का सही निस्तारण न होने के कारण हम संक्रमण को रोकने के बजाय फैलाने का कार्य भी कर सकते हैं

विभिन्न जिलों में स्थानीय कलाकार तथा लोक गायक लुभावने तरीके से कोरोना संक्रमण के बचाव से जुड़े संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं

वहीं प्रसिद्ध लोक गायक फकीरा खान विशाला ने भी एक जागरूकता गीत तैयार किया है

इनमें चिकित्सक पैरा मेडिकल स्टाफ स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल है

इसके अलावा हर परिवार को एक किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी

वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक एक हजार रूपये की दो किस्तों में तदर्थ अनुदान दिया जाएगा

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सुबह अपने तीनों मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ अहडियो कांफ्रेंस की

उन्होने सुचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे जनता तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहें और सामान्य की तुलना में अधिक काम करें केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश में आवश्यक वस्तुओं और अन्य सामान के परिवहन पर नजर रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से हेल्प लाइन नम्बर जारी किए गए है

उन्होंने कहा कि इस नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी करवाई जायेगी सहायता मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा इस बीच प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश हुई है जयपुर में दिनभर बादल छये रहे जालौर में शाम को तेज बारिश हुई वीकानेर में कल रात से शुरू हुई बारिश का दौर आज सुवह तक जारी रहा इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया चूरू और सिरोही में हल्की बौछारें पड़ी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

झालावाड़ जिले के गंगधार इलाके में कल देर रात खेजडिया गांव के पास राजस्थान मध्यप्रदेश की सीमा पर चंबल नदी की टूटी पुलिया से सेना के एक जवान की कार नदी में जा गिरी हादसे में सेना के जवान उसकी पत्नी और डेढ़ साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने जेसीबी और लोगों की मदद से शवों को और कार को बाहर निकाला ये लोग मध्यप्रदेश के बोरदिया कलां के रहने वाले थे कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के बीच आज प्रदेश में सिंजारा मनाया गया महिलाओं ने घरों में ही मेहंदी लगाई कल लोकपर्व गणगौर मनाया जाएगा महिलाएं इस पर्व पर पूरी सतर्कता बरत रही हैं और ईसर गौर की पूजा भी घरों में ही कर रही हैं लॉक डाउन की क्जह से जयपुर में इस बार गणगौर महोत्सव रदुद कर दिया गया है इस दौरान सिटी पैलेस से निकलने वाली गणगौर माता की परंपरागत सवारी भी नहीं निकलेगी